इस वर्ष का विषय है दिव्यांगजनों की भागीदारी तथा उनके नेतृत्व को बढ़ावा देना और दो हजार तीस के विकास एजेंड पर काम करना हर वर्ष तीन दिसंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के अक्षम और निःशक्त लोगों के अधिकारों और उनकी सेहत के मामले को बढ़ावा देना और उनके विकास की जागरुकता बढ़ाना भी है इस वर्ष इसका विषय है विकास एजेंडा दो हजार तीस से संबंधित कार्यवाही में दिव्यांगजनों की सहभागिता और उनके नेतृत्व को बढ़ावा देना आज ईटानगर के सिद्धांर्थ हॉल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन कार्यक्रम में राज्य के सामाजिक न्याया और अधिकारिता मंत्री आलो लिबांग निदेशक यूमलम काहा सहित विभाग के कई अधिकारी और दिव्यांगन उपस्थित थे

सिक्किम और अरुणाचल के मुख्यमंत्रियों ने पर्यटन जलविद्युत ऊर्जा कृषि क्षेत्र सहित आपसी संबंध के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की सिक्किम के मुख्यमंत्री ने जनसंख्या के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा विकास योजनाओं के लिए बजट आवंटन पर चिंता व्यक्त की

मीडिया में आई यौन हिंसा के खबरों का संज्ञान लेते हुए अधिकार समिति ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से छह सप्ताह के भीतर निर्भया कोष की जानकारी मांगी है आयोग ने इस कोष की उपलब्धता और पिछले तीन साल के दौरान खर्च की गई धन का विवरण भी मांगा है मानव अधिकार आयोग ने महिला और बाल विकास मंत्रालय से केंद्र सरकार की योजनाओं और उसके क्रियान्वयन के बारे में जानकारी मांगी है इस बीच कल संसद के दोनों सदनों ने हैदराबाद में पश् चिकित्सक के साथ हुए सामुहिक द्रष्कर्म और हत्या की निंदा करते हुए दोषियों को सख्त सजा देने को कहा है

राज्यों को प्याज की सुरक्षित भंडार करने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने को कहा गया है केबिनेट सचिव राजीव गाबा ने कल सचिव समिति की बैठक में प्याज की बढ़ती कीमतों की समीक्षा की प्याज उत्पादक ग्यार प्रमुख राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉनफ्रेंस में श्री गाबा को किमतों पर नियंत्रण के लिए किए गए उपायों से अवगत कराया गया श्री गाबा ने राज्यों को निर्देश दिया कि बढ़ते मुल्यों पर नियंत्रण के लिए प्याज की उपलब्धता की समिक्षा की जाए केंद्र ने व्यापारियों के लिए भंडारण सीमा तय करने के अलावा प्याज के निर्यात पर पहले ही पावंदी लगा दी है और एक लाख़ बीस हजार टन प्याज आयात करने का फैसला किया है